पार्टी ने आतंकवाद और उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलो को सशक्त बनाने और पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध रूप से बसने पर रोक लगाने की प्रतिबद्वता दोहराई है पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि पार्टी सत्ता में आने पर एक लाख रूपये तक के लघ् अवधि के नये कृषि ऋण बिना ब्याज पर देगी यह ऋण पांच वर्ष तक और मूलधन के जल्द भुगतान की शर्त पर दिया जाएगा राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्वता है और इतना ही नहीं आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेन्स की पॉलिसी थी है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेन्स की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के सभी किसानों के लिए लागू की जाएगी लघ् और सीमान्त किसानों के लिए साठ वर्ष की उम्र के बाद पेंशन भी सुनिश्चित की जाएगी

श्री सिंह ने कहा कि यह प्रावधान जम्मू कश्मीर के अस्थाई निवासियों और महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण है संकल्प पत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख वाहक के रूप में पहचान किये गये बाईस बड़े चैंपियन सेक्टर को अधिक सहायता देकर रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही गई है उन्होंने बताया कि दो हजार चौबीस तक सार्वजनिक निजी भागीदारी से प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पार्टी का बहुआयामी घोषणापत्र समाज के सभी वर्गो की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा का घोषणापत्र केवल एक व्यक्ति पर केन्द्रित है जबकि कांग्रेस का घोषणापत्र आम जनता को बढ़ावा देने के लिए है नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि भाजपा को घोषणापत्र के स्थान पर माफीनामा जारी करना चाहिए और पिछले पांच वर्ष में अपने द्वारा किए गए कार्यो का लेखाजोखा देना चाहिए उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाय पांच मतदान केन्द्रों पर ईवीएम का मिलान मतदाता पुष्टि पर्वी वीवीपैट से कराने का निर्देश दिया है न्यायालय का यह आदेश इक्कीस विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से दायर उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम से कम पचास प्रतिशत वीवीपैट मशीनों से निकली पर्वियों का मिलान ईवीएम से डाले गये मतों से कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया था याचिकाकर्ताओं ने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी एक दृथ पर वीवीपैट के मिलान के निर्वाचन आयोग के फैसले को भी च्नौती दी है इससे पहले निर्वाचन आयोग ने इस मांग को अव्यावहारिक बताते हए कहा था कि यदि ऐसा किया गया तो चुनाव परिणाम में कम से कम छह दिन की देरी हो सकती है उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर इस समय कोई आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि सेंसर बोर्ड ने अभी इस फिल्म को प्रमाणपत्र नहीं दिया है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह कल इस मामले की सुनवाई करेगा और यदि याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करता है कि फिल्म में दिखाई गई सामग्री आपत्तिजनक है तो संभवतः इस पर कोई आदेश दिया जा सकता है न्यायालय की पीठ ने याचिकाकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता के इस आग्रह को मानने से इन्कार कर दिया कि उसे फिल्म की एक प्रति दी जाए लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिये चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा कर वोट मांगा बसपा प्रमुख मायावती ने र्गोतमबुद्दनगर और मेरठ में अपने लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभायें कीं प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर चल रहा नवरात्र मेला जोरों पर है आज मॉ भगवती के तीसरे स्वरूप माता चन्द्रघण्टा की उपासना की जा रही है मिर्जापुर जिले के विस्थ्याचल स्थित प्रसिद्व शक्तिपीठ माता विस्थ्यवासिनी देवी मंदिर पर लगने वाले चैत्र नवरात्र मेले में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है वहां बड़ी संख्या में श्रद्वालु माता के दर्शन पूजन और त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे हैं बलरामपुर जिले के देवीपाटन स्थित माता पाटेश्वरी देवी मंदिर पर भारी संख्या में लोग दर्शन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं